इसके साथ ही राज्य में कोविड से मरने वालों की संख्या इकसठ हो गई है

नए मामलों में राजधानी ईटानगर क्षेत्र से अद्गारह ईस्ट सियांग से तेरह और वेस्ट सियांग से बारह वहीं कल एक सौ पंद्रह कोरोना मरीज स्वस्थ हो गए है प्रदेश में वर्तमान में दो हजार एक सौ उनतालीस सक्रिय वायरस मामले है

संग्राम में कल मिडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि संबद्ध राजमार्ग के कार्य को आठ पैकेज में बांटा गया है उन्होंने कहा कि पहली और द्रसरी पैकेजो की कार्य प्रगति अच्छी है लेकिन अन्य पैकेजों के कार्य प्रगति संतोषजनक नहीं है श्री फेलिक्स ने कहा कि विभिन्न मुद्दों के मद्देनजर अन्य पैकेजों के लिए नए सिरे से निविदा डाले गए है गृह मंत्री ने आशा जताई कि नए टेंडर को पाने वाले निर्माण कार्य को ईमानदारी से करेंगे श्री फेलिक्स ने कुरुंग कुमे और क्रा दादी जिले के लोगों से राजमार्ग के निर्माण कार्य में हर संभव सहयोग देने की अपील की

श्री नातंग ने कहा कि प्रदेश प्रकृति संस्कृति विरासत से संपन्न है और इसकी संरक्षण पद्धातियों को संभालने के लिए स्थानीय हितधारकों की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण है राजधानी ईटानगर में कल संबद्ध विभाग के सिनियर अधिकारियों के साथ हुए एक समीक्षा बैठक में वे बोल रहे थे बैठक के दौरान प्रदेश के ओर्किड पर हाल ही में शुभारंभ किए रेड लिस्ट मूल्याकन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि छह सौ ओर्किड के अलग अलग प्रकारों के साथ अरुणाचल वेश्विक ओर्किड मानचित्र में अपनी पहचान बनाएगी गौरतलब है कि इंटरनेशनल यूनियन फ़ॉर कंजरवेशन ऑफ नेचर के साथ मिलकर प्रदेश ओर्किड के रेड लिस्ट एसेसमेंट का हाल ही में ई लौंच किया गया था

ए पी पी एस सी सी परीक्षा आगामी रविवार को आयोजित किया जाएगा गृह आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार तवांग वेस्ट कामेंग ईस्ट कामेंग वेस्ट सियांग लेपारादा ईस्ट सियांग अपर सियांग लोअर सुबनसिरी अपर सुबनसिरी लोअर दिबांग वैली लोहित तिराप चांगलांग पापुम पारे और राजधानी क्षेत्र ईटानगर में एक नवंबर के सुबह आठ बजे से दोपहर बारह बजे और दोपहर बारह बजे से शाम चार बजे तक परीक्षा चलेगी और परीक्षा के दौरान किसी भी तरह से टेलिकोम सेवाओं के द्वारा परीक्षा संबंद्धी जानकारी को साँझा करने से रोकने के लिए गृह आयुक्त ने इंटरनेट सेवा को बंद रखने का आदेश जारी किया है गौरतलब है कि इंटरनेट सेवा को नवंबर एक को बंद रखने की सिफारिश अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमिशन ने की थी

मंत्रालय की ओर से दी गयी जानकारी के अन्सार एक सौ तीस किलोमीटर प्रति घंटे या इससे अधिक की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों में सिर्फ एसी कोच ही लगेंगे हाईस्पीड ट्रेनों में स्लीपर कोच नहीं लगने के बारे में भारतीय रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद यादव ने बताया कि यह व्यवस्था सिर्फ हाई स्पीड ट्रेन के लिए है उन्होंने कहा कि देश में चलने वाली अन्य एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों पर यह नियम लाग् नहीं होगा श्री यादव ने कहा कि रेलवे हाई स्पीड ट्रेन में एसी कोच के किराए को सभी वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हए कम करने का प्रयास कर रहा है

भारत के लौहप्रुष के रूप में जाने जाने वाले सरदार पटेल ने स्वतंत्र भारत की एकता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इकतीस अक्टूबर अद्वारह सौ पिचहत्तर में ग्जरात के खेडा जिले के नाडियाड में जन्मे सरदार पटेल ने ग्जरात में द्ग्ध सहकारी आंदोलन में म्ख्य भ्रमिका निभाई भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान चालीस के दशक के श्रू में खेड़ा जिले से बॉम्बे मिल्क स्कीम को द्रध पहंचाने का ठेका पोलसन कंपनी के पास था

किसानों के च्ने हए प्रतिनिधियों दवारा प्रभावी शासन और पेशेवर प्रबंधन द्ध सहकारिता की म्ख्य विशेषताएं हैं